आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज उन्होंने लोगों को उनके धैर्य संयम और परिपक्वता के लिए धन्यवाद दिया राम मंदिर पर जब फैसला आया तो पूरे देश ने उसे दिल खोलकर गले लगाया पूरी सहजता और शांति के साथ स्वीकार किया आजमन की बात के माध्यम से मैं देशवासियों को साधुवाद देता हूँ धन्यवाद देना चाहता हूँ उन्होंने जिस प्रकार के धैर्य संयम और परिपक्वता का परिचय दिया है मैं उसके लिए विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सभ्यता संस्कृति और भाषाएं पूरी दुनिया को विविधता में एकता का संदेश देती हैं देश में सैकड़ों भाषाएं सदियों से पुष्पित और पल्वित होती रही हैं श्री मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष दो हजार उन्नीस को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा वर्ष घोषित किया है और उन भाषाओं को संरक्षित करने पर जोर दिया जा रहा है जो विलुप्त होने की कगार पर हैं डेढ़ सौ साल पहले आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने भी कहा था निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल अर्थात मातृभाषा के ज्ञान के बिना उन्नति संभव नहीं है ऐसे में रंग समुदाय की ये पहल पूरी दुनिया को एक राह दिखाने वाली है

प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीसी नेतृत्व क्षमता देशभक्ति निःस्वार्थ सेवा अनुशासन और कठिन परिश्रम की भावना जगाती है और इन सबको हमें अपने चरित्र का हिस्सा बनाने की जरूरत है श्री मोदी ने कहा कि सात दिसम्बर को सशस्त्र बल झण्डा दिवस मनाया जाता है जब हम अपने वीर सैनिकों उनके पराक्रम और बलिदान को याद करते हैं उन्होंने कहा कि इस दिन प्रत्येक नागरिक को सहभागिता के लिए आगे आना चाहिए प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया मुहिम की चर्चा करते हुए फिट इंडिया सप्ताह मनाने के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पहल की सराहना की विधानसभा सत्र छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा सत्र के पहले दिन कल दिवंगतों को श्रद्वांजलि दी जाएगी छह दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल दस बैठकें होंगी सत्र में वित्तीय और विधायी कार्य के साथ ही शासकीय कामकाज भी निपटाए जाएंगे सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अनुप्रक बजट पेश करेंगे इसके अलावा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम और छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन विधेयक भी सदन में पेश किया जाएगा माओवादी आगजनी दंतेवाड़ा जिले में आज माओवादियों ने एनएमडीसी के स्क्रीनिंग प्लांट के निर्माण कार्य में लगे नौ वाहनों में आग लगा दी यह घटना एस्सार और एनएमडीसी प्लांट के बीच हुई

हमारे संवाददाता ने बताया कि छोटेडोंगर मडोनार के बीच बड़ी संख्या में माओवादी पहुंचे और आगजनी की घटना को अंजाम दिया

वे इंक्यानवे वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है श्री बघेल ने कैलाश जोशी के निधन पर एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है इस दौरान राज्य में कोई भी सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित नहीं की जाएंगी

आज बिलासपुर में संभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान श्री मंडल ने कहा कि एक दिसंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी कार्य को प्राथमिकता से किया जाए उन्होंने अन्य राज्यों से आने वाले धान के अवैध परिवहन को रोकने के भी निर्देश दिए श्री मंडल ने कहा कि प्रदेश में कुपोषण दूर करने के लिए अनेक उपाए किए जा रहे हैं बिलासपुर में हवाई सेवा संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान श्री मंडल ने कहा कि बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू करने में आ रही बाधाओं को जल्द ही दूर किया जाएगा टाईगर रिजर्व प्रदेश के कोरिया जिले में स्थित गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा यह निर्णय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज रायपुर में आयोजित राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक में लिया गया बैठक में बताया गया कि प्रदेश में इस समय अचानकमार उदन्ती सीतानदी और इन्द्रावती टाइगर रिजर्व हैं गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को मिलाकर अब चार टाईगर रिजर्व हो जाएंगे बैठक में लेमरू हाथी रिजर्व गठन की अधिसूचना जारी होने की भी जानकारी दी गई वैद्य सम्मेलन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में ट्रेडिशनल मेडिसिन बोर्ड का गठन किया जाएगा मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में राज्य स्तरीय परंपरागत् वैद्य सम्मेलन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारभ किया इस अवसर पर उन्होंने परंपरागत् वैद्यों के ज्ञान को लिपिबद्ध करने और जड़ी बूटियों का संरक्षण संवर्धन कर समाज को लाभ पहुंचाने की बात कही पीएससी अधिसूचना छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा दो हजार उन्नीस के लिए अधिसूचना जारी कर दी है इसके तहत पंद्रह विभागों में एक सौ निन्यानवें पदों पर भर्ती की जाएगी इनमें डिप्टी कलेक्टर के पंद्रह डीएसपी के तीस और नायब तहसीलदार के चौदह पद शामिल हैं आयोग ने छह दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं आवेदन देने की अंतिम तिथि चार जनवरी है सात से तेरह जनवरी तक आवेदन पत्रों में त्रृटि सुधार किया जा सकता है जारी अधिसूचना के अनुसार पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा नौ फरवरी को दो पालियों में होगी वहीं मुख्य परीक्षा सत्रह से बीस जून के बीच आयोजित की जाएगी बातों बातों में श्रोताओं समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में इस बार एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान पर केंद्रित रहेगा यह अभियान छत्तीसगढ़ में कितना सफल रहा है इस बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की छत्तीसगढ़ सकल गुजराती समाज के अध्यक्ष नितिन ढोलकिया से इस बातचीत का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा

लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की पांचवीं कड़ी का प्रसारण आगामी आठ दिसम्बर को होगा लोकवाणी में इस बार का विषय आदिवासी विकास हमारी आस रखा गया है इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नम्बर शून्य सात सात एक दो चार तीन शून्य पांच शून्य एक और दो चार तीन शून्य पांच शून्य दो पर कल से सत्ताईस नवम्बर तक दोपहर तीन से चार बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं साइकिल एक्सपीडिशन धमतरी जिले में आज साइकिल एक्सपीडिशन और छत्तीसगढ़िया मड़ई का आयोजन किया गया द् पैडिल सुपोषण बर कार्यक्रम के तहत सुबह आठ बजे साइकिल रैली निकाली गई जो गंगरेल बांध से कुकरेल होते हुए जबर्रा पहुंची इसमें साढ़े चार सौ से अधिक साइक्लिस्टि शामिल हुए वहीं कुकरेल में आयोजित छत्तीसगढ़िया मड़ई में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ध्रन पर लोगों ने नृत्य किया और छत्तीसगढ़ व्यंजनों का आनंद लिया संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर से सिरपुर भ्रमण के लिए पर्यटक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस मौके पर उन्होंने छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की नई वेबसाइट भी लॉन्च की नगरीय निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को इस बार ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन नामांकन की सुविधा भी मिलेगी